मौसम विभाग ने जयपुर और भरतपुर संभाग में आज कहीं कहीं भारी बारिश की जताई संभावना अगले दो तीन दिन में उत्तरी भागों में कहीं कहीं हो सकती है तेज बारिश

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल ट्वीट कर बयान जारी किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आंतरिक कलह का नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमण निरन्तर बढता जा रहा है टिड्डी किसानों की फसल पर हमले कर रही है महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ रहे हैं ऐसे में कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गहलोत सरकार बनने के बाद कांग्रेस में शीत युद्ध की स्थिति बनी रही

दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्री डोटासरा ने कहा कि सरकार के पास बहुमत है और जरूरत पड़ने पर विधानसभा में सिद्ध किया जायेगा उन्होंने कहा कि अब तक दो बागी विधायकों को पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया गया है यदि अन्य विधायक वापस आना चाहते हैं तो उन पर पार्टी सहानुभूति से विचार करेगी वहीं परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा के इशारे पर जो नेता पार्टी से बगावत कर रहे हैं उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी

इस बीच मुख्य सचेतक महेश जोशी द्वारा पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिए परिवाद के आधार पर ब्यूरो ने केस दर्ज कर लिया है इस घटनाकम के बाद प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा मुख्य सचेतक के प्रार्थना पत्र पर तुरंत केस दर्ज हुआ जबकि भाजपा की ओर से दी गयी शिकायत पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है इससे पहले एसओजी द्वारा दर्ज किए मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय जैन को एसओजी के विशेष न्यायालय ने चार दिन के रिमांड पर भेज दिया इस बीच कल देर शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की उन्होंने कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी श्री गहलोत की राज्यपाल की यह शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है

एक ट्वीट में श्री हर्ष वर्धन कहा कि टीका विकसित करने के प्रयास पिछले कई महीनों से जारी थे और इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल होगा उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षणों में कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं

यह अध्ययन राजस्थान सहित छह राज्यों में किया जाएगा अध्ययन में उसी बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किया गया है जिसे देश में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नवजात शिशुओं को लगाया जाता है

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल अयोध्या में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया ट्रस्ट ने भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है मंदिर निर्माण की तारीख पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा

वहीं जिले में हुई सरसों की बम्पर फसल से किसानों को दोगुना लाभ मिल रहा है

जिले में आज स्थापना दिवस को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिन में प्रदेश के उत्तरी भागों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है वहीं आज भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है इस बीच कल राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है

जिले के जाखम और भंवर सेमला बांधों में पानी की आवक बढ़ने लगी है जालौर में भी कल देर रात बरसात हुई इधर आज जयपुर में रूक रूक कर फुहार का दौर जारी है

बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें